प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा अब पार्टी में नहीं होंगी कार्यालय में बैठकर नियुक्तियां राज्य के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात तथा कई निचले क्षेत्रों में वर्षा से शीतलहर का प्रकोप बढ़ा एम्स मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का भूमि पूजन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स के बनने से लोगों को घर द्वार के नजदीक ही विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी उन्होंने कहा की पूर्व कांग्रेस सरकार ने एम्स को भूमि हस्तांतरित करने में बेवजह देर की जिस कारण लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ा मुख्यमंत्री ने हिमाचल को एम्स पीजीआई सैटेलाईट सेंटर चार मैडिकल कॉलेज आईआईएम और आईआईआईटी जैसे संस्थान स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया

नड़डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जिनका उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है नड्डा ने कहा कि एम्स में अमृत और जनऔषधी केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब और जरूरमंदों को कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध होंगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार सांसद अनुराग ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे

इस मौके पर खाद्य व आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार विधायक राकेश पठानिया और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है

इनमें से दो मरीजों की पीजीआई चण्डीगढ़ में ईलाज के दौरान मौत भी हो गई है

उन्होंने बताया कि स्वाइल फ़लू से जिन दो मरीजों की मौत हुई है वे दोनों ऊना जिला के रहने वाले थे उन्होंने लोगो से अपील की है कि यदि किसी को भी चार दिन से अधिक बुखार रहे तो उन्हे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में स्वाइन फलू की जांच करवा लेनी चाहिए स्वच्छ भारत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की उत्तर भारत की क्षेत्रीय निगरानी समिति की अध्यक्ष राजवंत संधू ने कहा है कि स्वच्छ भारत के रास्ते पर चलने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा राजवंत संध् आज ऊना में ज़िले के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में बोल रही थीं उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में ठोस व तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों में व्यापक जन जागरूकता लाने पर बल दिया राजवंत संधू ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में हिमाचल अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर कार्य कर रहा है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्कूल में अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके सरवीण चौधरी आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाहपुर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर बोल रही थी उन्होंने कहा कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में विद्यार्थियों को मेहनत के साथ ज्यादा से ज्याद ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सके उन्होंने इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और पार्टी एकजुट है राठौर आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में फेरबदल होगा और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को बाहर किया जाएगा और काम करने वालों को सम्मान दिया जाएगा राठौर ने कहा कि अब पार्टी में कार्यालय में बैठकर नियुक्तियां नहीं होंगी राठौर ने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में विकास की गति बहुत धीमी है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है राठौर ने सोलन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की

इस शैक्षणिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से स्कूल के छात्र श्रोताओं में नशा निवारण और स्वच्छता जागरूकता को लेकर अलख जगाएंगे रेडियो स्टेशन के निदेशक के रूप में स्कूल के ही जीव विज्ञान के प्रवक्ता संजीव अत्री कार्य करेंगे

ये अनूठी पहल करने वाला मोगीनंद प्रदेश का पहला स्कूल होगा

हालडा लाहौल स्पिति ज़िला की पट्टन घाटी में आज हालड़ा उत्सव मनाया जा रहा है इस उत्सव में लोग रात के समय मशालें लेकर बुरी आत्माओं को भगाते हैं और भूमि पूजन कर अच्छी फसल व खुशहाली की कामना भी करते हैं कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा व पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने घाटी के लोगों को हालड़ा उत्सव की बधाई देते हुए लोगों की खुशहाली की कामना की है चंद्रा घाटी में हालड़ा पर्व कल मनाया जाएगा मौसम राज्य के जनजातीय व अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला रूक रूक कर जारी है कुल्लू किन्नौर और चंबा जिला के निचले क्षेत्रों में वर्षा भी हुई है जिससे प्रदेश में शीतलहर और बढ़ गई है

लगातार बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी की अंदरूनी सड़कों पर यातायात फिर से बंद हो गया है और अनियमित बिजली तथा पानी आपूर्ति के कारण लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है किन्नौर कुल्लू और चंबा जिला के पांगी व भरमौर की उंची चोटियों पर आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा चंबा जिला के निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है जिससे जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजियार में भी दोपहर बाद से लगातार बर्फबारी की सूचना है शिमला में आज सांय हल्की ब्रंदाबांदी हुई मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मध्यम व अधिक उंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी और वर्षा की चेतावनी जारी की है